सुकमा जिले में एक इनामी महिला सहित तीन माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है वहीं प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पंच प्यारों की अंगुवाई में रायपुर शहर में निकला नगर कीर्तन

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज दोपहर एक पत्रकारवार्ता में बताया कि इन बहत्तर सीटों पर औसत रूप से छिहत्तर दशमलव तीन चार प्रतिशत मतदान हुआ है वर्ष दो हजार तेरह में हुए पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो इस बार लगभग डेढ़ प्रतिशत कम मतदान दर्ज किया गया दूसरे चरण के तीस विधानसभा क्षेत्रों में अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है सबसे अधिक मतदान कुरूद में दर्ज किया गया जहां लगभग नवासी प्रतिशत लोगों ने वोट डाले जबकि सबसे कम मतदान रायपुर नगर उत्तर सीट पर हुआ यहां मात्र साठ दशमलव तीन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ है

जिन मतदान दलों को दूरदराज के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भेजा गया था उन्हें हेलीकॉप्टर से ही आज सुबह वापस लाया गया है यदि प्रदेश की सभी नब्बे सीटों की बात करें तो औसत मतदान छिहत्तर दशमलव तीन पांच प्रतिशत हुआ है यह पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग एक प्रतिशत कम है इन नब्बे में कुल अड़तीस विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस बार अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण में ग्यारह हजार नौ सौ इक्कीस सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पोस्टल बैलेट भेजे जा चुके हैं वहीं अब तक निर्वाचन कार्य में लगे लगभग इंक्यावन हजार कर्मियों को पोस्टल बैलेट जारी किए जा चुके हैं इन पोस्टल बैलेटों के जरिये मतदान कर डाक मतपत्रों को ग्यारह दिसंबर की सुबह आठ बजे के पहले संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचाना है सुबह आठ बजे के बाद प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कुछ पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान के बारे में निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है आयोग ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है उन्होंने कहा कि यदि पुनर्मतदान हुआ भी तो बहुत कम पोलिंग बूथों पर होगा एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के संस्कृति मंत्री और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दयालदास बघेल द्वारा मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर पूजापाठ करने की शिकायत को निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी को श्री बघेल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं एक्जिट पोल प्रतिबंधित भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी सात दिसम्बर को शाम साढ़े पांच बजे तक एक्जिट पोल करने और उसके परिणाम प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग द्वारा छह अक्टूबर को छत्तीसगढ सहित मध्यप्रदेश राजस्थान मिजोरम और तेलंगाना की विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी आयोग द्वारा छह अक्टूबर को जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों की विधानसभाओं के च्नाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने के बाद अगले अड़तालीस घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों या निर्वाचन संबंधी रूझानों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा चेक पोस्ट निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अवैध सामग्री को रोकने के लिए रायपुर शहर में बनाए गए बाईस चेक पोस्ट दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही हटा लिए गए हैं जिले में सी विजिल कंट्रोल रूम उड़नदस्ता दल और स्थैतिक निगरानी दल में काम कर रहे सभी कर्मियों को देर रात तक रिलीव कर दिया गया है अधिकारियों ने बताया कि चेक पोस्ट में जिन वाहनों की जांच की गई है उनका विवरण और संबंधित रजिस्टर भी कलेक्टोरेट में जमा करना होगा इसके अलावा चेक पोस्ट में होने वाली वीडियोग्राफी भी अब बंद कर दी गई है राष्ट्रीय मीडिया सम्मान भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मीडिया सम्मान से सम्मानित करेगा इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मीडिया संस्थानों से तीस नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किया है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मीडिया संस्थान चार अलग अलग वर्गो में आवेदन कर सकते हैं इसके तहत आम लोगों में मतदाता शिक्षा जागरूकता मतदान के महत्व और प्रासंगिकता को समझाने के लिए उनके संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों तथा अभियानों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेज सकते हैं अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों और सिफारिशों को आयोग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा निर्णायक मंडल द्वारा चयनित संस्थानों को अगले वर्ष पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा ये सम्मान चार वर्गों में दिए जाएंगे इनमें प्रिंट मीडिया टेलीविजन रेडियो और ऑनलाइन सोशल मीडिया समूह शामिल हैं प्रत्येक वर्ग में एक प्रस्कार दिया जाएगा निर्णायक मंडल द्वारा विजेताओं के चयन के लिए मापदण्ड भी निर्धारित किए गए हैं

आधिकारिक जानकारी के अनुसार महिला माओवादी वेको उर्फ पार्वती पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है ईद मिलादन्नबी पर हजरत मोहम्मद के अनुयायियों ने अपने घरों को आकर्षक ढंग से सजाया है वहीं मस्जिदों में भी सजावट की गई है राजधानी रायपुर में फजर की नमाज के बाद विभिन्न मोहल्लों से जुलूस निकाली जा रही है ये सभी जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ सीरत मैदान पहुंचा जहां परचम कुशाई की रस्म अदा की गई प्रदेश के अन्य जिलों से भी ईद मिलादन्नबी का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं गौरतलब है कि आज के दिन मुस्लिम समाज के लोग पैगम्बर हजरत मोहम्मद को याद कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं इधर प्रदेश में गुरूनानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं इस मौके पर रायपुर के स्टेशन रोड स्थित गुरूद्वारा से आज दोपहर गुरू के जयकारे के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकला जो तेलघानी नाका अग्रसेन चौक और जीई रोड से होते हुए टाटीबंध स्थित गुरूद्वारे में संपन्न हुआ